मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका श्रभारंभ करने के साथ ही फार्म इको ऐप को भी लांच किया फेस्टिवल का उद्देश्य किसानों और उद्यमियों में मका से जुड़े औद्योगिक अवसरों के बारे में जागरुकता विकसित करना है इसके माध्यम से किसानों को मक्का उत्पादन के लिये प्रेरित किया जाएगा भारत में मध्य प्रदेश सबसे अधिक मक्का उत्पादक राज्य है प्रदेश में छिंदवाड़ा में मक्का की सबसे अधिक उपज होती है आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कमलनाथ फेस्टिवल में देशभर से मक्का उत्पादन एवं उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों से मक्का आधारित उत्पादों के विकास पर संवाद करेंगे

भोपाल स्थित शौर्य स्मारक परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ और जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा शामिल होंगे

कवि सम्मेलन में राहत इंदौरी कुमार विश्वास संपत सरल रास बिहारी गौड़ कर्नल वीपी सिंह जैसे विख्यात कवि अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देंगे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

मौसम पन्ना उमरिया और सिवनी जिलों के कुछ स्थानों पर आज तड़के से ही रूक रूक कर तेज बारिश हो रही है इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से दलहन फसलों को नुकसान होने की खबर है शाजापुर जिले में भी रिमझिम बारिश जारी है जिसके चलते तापमान में गिरावट होने से ठंड बढ़ गयी है शहडोल जिले में भी तीन दिनों से हो रही बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है बारिश की वजह से ठण्ड का असर बढ़ गया है विदिशा में आज सुबह से ही धूंध छाये रहने और ठंडी हवाओं के चलने से जन जीवन प्रभावित हुआ है कोहरे के कारण दिल्ली की ओर से आने वाली रेलगाडियां विलंब से पहुंच रही है

मौसम विभाग ने एक दो दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान जताया है इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं